इस अवसर पर प्रदेश के सभी शक्तिपीठों चिंतपूर्णी ज्वालामुखी नैनादेवी वुजेश्वरी व चामुण्डा देवी के मंदिरों सहित अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है मंदिरों में रंग बिरंगी रौशनियों का विशेष प्रबंध किया गया है नवरात्रे के पहले दिन आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है कोरोना महामारी के बीच आयोजित होने जा रहे नवरात्रे पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी छोटे बड़े मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं इस दौरान जहां सामाजिक दूरी मास्क पहनने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा वहीं नवरात्र मेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रेम कुमार धूमल विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी है शांता कुमार प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व विवेकानंद मैडिकल रिसर्च ट्रस्ट के खिलाफ पालमपुर में मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के नाम पर जनता से धोखा देने के आरोपों को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंड पीठ ने ये निर्णय सुनाया न्यायालय ने प्रार्थी के आरोपों व प्रतिवादियों के जवाब का अवलोकन करने पर सभी आरोपों को तथ्यहिन करार दिया

यह दिवस गरीबी में रह रहे लोगों के संघर्ष को जानने समझने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयासों का मौका देता है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना व विकासशील देशों में निर्धनता को समाप्त करना है

वहीं कल इस बीमारी से दो मरीजों ने अपनी जान भी गवाई हैं कटवाल झण्ड्रता विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेआर कटवाल ने कहा है कि लोगों को बेहतर और आध्निक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है वे कल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झण्डूता बरठी और तलाई की रोगी कल्याण समितियों की बैठकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता दे रही है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक ने हाईकोर्ट के हवाले से ख़बर दी है शांता के विवेकानंद अस्पताल को लेकर दायर केस खारिज दैनिक जागरण की सुर्खी है शांताक्मार व वीएमआरटी के खिलाफ दायर याचिका खारिज इस अख़बार की एक अन्य ख़बर है हिमाचल में हो सकेंगे रामलीला व दशहरा कार्यक्रम हिमाचल दस्तक की एक सुर्खी है उपायुक्तों के तबादलों पर ब्रेक राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र कोरोना पर पंजाब केसरी की सुर्खी है नेर चौक मैडिकल कॉलेज और आईजीएमसी में कोरोना से दो की मौत हिमाचल में बारिश की उम्मीद नहीं पर गिरेगा तापमान आपका फैसला की एक ख़बर आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र की ख़बर भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है